चालिस नए मामलो में से ग्यारह राजधानी क्षेत्र ईटानगर से वेस्ट सियांग से आठ चांगलांग से सात छ वेस्ट कामेंग से लेपारादा अंजाव तावांग अपर स्बनसिरि तिराप लवर सियांग लवर स्बनसिरि और ईस्ट सियांग जिले से एक एक मामले है चालिस नए कोविड मामलों में तीन को छोड़ अन्य सभी एसिम्टोमेटिक मामले है वही पिछले चौबीस घंटो में उनहत्तर मरीजो के ठीक हो जाने पर उन्हे डिचार्ज किया गया है

जल मिशन का उद्देश्य राज्य को साफ पेय जल म्हैया करवाकर औरतो के बोझ को हलका करना है मंत्रालय ने हर ग्रामीण परिवारो को प्रति व्यक्ति प्रति दिन पचपन लिटर पेय जल की उपलब्धता को संभव बनाने का आश्वासन दिया है ताकि ग्रामीणो के जीवन में स्धार आए

दिल का दौरा पड़ने पर स्वर्गीय तागा को बॉमडिला से ग्वाहाटी शिफ्त किया गया जहा उनकी मृत्यु हो गई म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने तागा के असामयिक निधन पर गहरा द्रख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि स्वर्गीय तागा अपने जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार और सच्चा था स्चना एवं जन संपर्क निदेशालय ईटानगर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्वर्गीय तागा के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया

पिछले चौबीस घंटों में सत्तावन हजार चार सौ उनहत्तर मरीज स्वस्थ हए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या तेईस लाख अड़तीस हजार से अधिक है यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन ग्ना से ऊपर है

स्वस्थ होने वालों की बढती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्य् दर एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम में शामिल है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के छह लाख से अधिक टेस्ट किए गए अब तक देश में तीन करोड उनसठ लाख से अधिक टेस्ट किए जा च्के हैं जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढाई गई है

इनमें से नौ सौ चौरासी सरकारी तथा पांच सौ छत्तीस निजी प्रयोगशालाएं हैं

उन्होंने कहा कि सबको यह स्निश्चित करना चाहिए कि कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे श्री नायड्र ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का निसंदेह सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और बहत कुछ किये जाने की जरूरत है

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और विधानसभा में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने के बहप्रतीक्षित प्रस्ताव पर जल्द सहमति बनाए